दल के सदस्य गया जाकर हालात का जायजा भी लेंगे

इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर चौबीस हजार नौ सौ सड़सठ हुई

प्रदेश में कोविड उन्नीस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय टीम संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में आज बिहार का दौरा करेगी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पटना में बैठक करेगी बैठक के बाद यह टीम गया के लिये प्रस्थान करेगी गया स्थित कोविड उन्नीस के लिये डेडिकेटेड अस्पताल के साथ अन्य अस्पतालों में कोरोना वायरस जांच और इलाज को लेकर किये गये उपायों की जानकारी प्राप्त करेगी इसके अतिरिक्त केंद्रीय टीम किसी एक कंटेनमेंट जोन का भी दौरा करेगी इस टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर एस के सिंह और दिल्ली एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल शामिल रहेंगे इधर केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और दोनों सरकारों ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव कदम उठाए हैं श्री चौबे ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिहार की स्थिति को लेकर चर्चा की है अधिकारियों को कोविड उन्नीस जांच संक्रमण क्षेत्रों और हॉटस्पॉट क्षेत्रों में महामारी के नियंत्रण को लेकर बिहार सरकार को मदद देने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस का टीका विकसित करने की दिशा में मानव पर परीक्षण शुरू हो गये हैं और कोविड उन्नीस के खिलाफ संघर्ष निर्णायक दौर पर पहुंच गया है एक ट्वीट में डॉ वर्धन ने कहा कि टीका विकसित करने के प्रयास पिछले कई महीनों से जारी थे और इस दिशा में सकारात्मक संकेत मिले है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत इस महामारी पर प्री तरह नियंत्रण करने में सफल होगा उन्होंने बताया कि प्रारंभिक परीक्षणों में कोई द्ष्प्रभाव सामने नहीं आये है मंत्री ने कहा कि ये परीक्षण चौदह संस्थानों में चल रहे हैं उन्होंने कहा कि आईसीएमआर के वैज्ञानिक सभी आंकडो पर नजर रख रहे हैं प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि जारी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में सात सौ उनचालीस नये संक्रमितों की पहचान की गयी है इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर चौबीस हजार नौ सौ सड़सठ हो गयी है राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना में एक सौ उनचालीस मुजफ्फरपुर में पचासी नालंदा में बावन रोहतास में पैंतालीस भागलपुर में चालीस सारण में उनचालीस पश्चिम चंपारण में तैंतालीस पूर्वी चंपारण में चौंतीस समस्तीपुर में उनतीस गया में अट्ठाईस बक्सर में छब्बीस सुपौल में इक्कीस लखीसराय में सत्रह वैशाली और शेखपुरा में चौदह चौदह सहरसा में ग्यारह अरवल में दस बांका मधेपुरा मुंगेर और बेगूसराय में नौ नौ भोजपूर तथा जहानाबाद में आठ आठ सिवान और मध्बनी में सात सात गोपालगंज और सीतामढ़ी में पांच पांच पूर्णिया में चार शिवहर में तीन नवादा में दो और कैमूर में एक नये संक्रमितों की पहचान की गयी है राज्य में अब तक पंद्रह हजार सात सौ इकहत्तर मरीज ठीक हो चुके हैं संक्रमितों के ठीक होने का दर तिरसठ दशमलव एक सात प्रतिशत है इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य में कोरोना से दो सौ एक लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है इसके साथ ही राज्य में पिछले चौबीस घंटे में दस हजार पांच सौ दो नमूनों की जांच की गयी है प्रदेश के सभी जिलों में कोविड उन्नीस के स्पष्ट लक्षण वाले लोगों की रैपिड एंटीजन किट से जांच की जा रही है सूचना और जन संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि जो भी सिम्टोमैटिक लोग हैं वे इन अस्पतालों में जाकर अपनी जांच मुफ्त करवा सकते हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने हर अस्पताल में विशेष रूप से कोरोना संक्रमण के निवारण के लिये डिडिकेटेड अस्पताल हैं उनमें एक सपोर्ट टीम तैनात करने का निर्णय लिया है इस टीम में प्रशासनिक पदाधिकारी हेत्थ मैनेजर और नॉन क्लीनिकल एडमिनिस्ट्रेशन में हॉस्पीटल से जुड़े लोग रहेंगे यह टीम लोगों की शिकायतों के निवारण और बेहतर प्रबंधन करेगी इधर राज्य सरकार ने कोविड उन्नीस की मरीजों का अब निजी अस्पतालों में भी इलाज करने का निर्देश दिया है इसके लिये पटना में निजी अस्पतालों को कुल बेड का बीस से पच्चीस प्रतिशत आईसोलेशन वार्ड के लिये सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है इसके साथ ही इच्छुक निजी अस्पतालों को कोरोना वायरस के इलाज के लिये सिविल सर्जन को आवेदन देने और स्वास्थ्य विभाग को ऑनलाइन पोर्टल पर भी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है पटना शहरी क्षेत्र में पच्चीस स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड उन्नीस के रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की गयी है यह जांच बिना किसी शुल्क के होगी जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा कि मोबाईल टीम द्वारा शहर में जांच सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है इसके तहत पांच विशेषज्ञों की टीम प्रभावित क्षेत्रों में कोरोना के सैम्पल संग्रह करेगी विशेष जानकारी जिला चिकित्सा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो चार नौ नौ छह चार से प्राप्त की जा सकती है इधर दरभंगा शहर में भी जिला प्रशासन ने तेरह स्थानों पर मुफ्त कोविड उन्नीस जांच की शुरूआत की है आज से आम लोग दिन के ग्यारह बजे से जांच के लिए सैम्पल दे सकते हैं केन्द्र सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोविड महामारी के दौरान खरीददारी के लिए बाजार जाने से संबंधित नये नियमों का पालन करें ताकि वे इस संक्रमण से सुरक्षित रह सकें कोविड संबंधित उचित व्यवहार के बारे में एक ट्वीट में लोगों को सलाह दी गई है कि वे घर से बाजार जाते समय मास्क जरूर लगाए रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें

प्रत्येक व्यक्ति को अपना थैला ले जाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि इसका संपर्क सतह से कम हो वहीं मोबाइल और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके लोगों को जरूरत के अनुसार ही सामान खरीदना चाहिए न कि उनका भंडारण करना चाहिए दुकानों पर हमेशा लोगों को सामाजिक दूरी का ध्यान रखना चाहिए और भुगतान करने के लिए उन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे एक दूसरे से संपर्क न हो आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली सीतामढ़ी दरभंगा और गोपालगंज समेत राज्य के आठ जिलों की तीन लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है प्रभावित जिलों में सीतामढ़ी पूर्वी चंपारण गोपालगंज मुजफ्फरपुर सुपौल शिवहर किशनगंज और दरभंगा शामिल हैं इन आठ जिलों के सैंतीस प्रखंड के एक सौ तिरपन पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना अंतर्गत निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है वहीं जिले के कई निचले इलाकों में पानी का दबाव बढ़ गया है बागमती नदी मुजफ्फरपुर दरभंगा और सीतामढ़ी में अब भी खतरे के निशान से ऊपर है राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिये सुपौल और दरभंगा में दो दो तथा गोपालगंज में तीन राहत शिविर खोले हैं राहत शिविरों में सामुदायिक रसोईघर का संचालन किया जा रहा है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य के उत्तर बिहार सहित कई इलाकों में भारी बारिश और वजपात को लेकर अलर्ट जारी किया है मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक आनंद शंकर ने बताया कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के सीतामढ़ी दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर सुपौल अररिया सहरसा किशनगंज मधेपुरा और कटिहार में सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात को लेकर लोगों से घरों से नहीं निकलने की अपील की है केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश की डेटा संप्रभुत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं करेगी कुछ दिन पहले ही सरकार ने चीन की उनसठ मोबाइल कंपनियों पर पाबंदी लगाई है श्री रविशंकर प्रसाद ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये ठाकुर प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीयों से संबंधित डेटा भारत के लोगों की निजी संपत्ति है उन्होंने कहा कि चीन के मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने से भारतीय कंपनियों और निर्माताओं को अवसर मिला है लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि कोन्द्र ने डेटा सुरक्षा नियम तैयार किये हैं और संसद की प्रवर समिति इसकी समीक्षा कर रही है उन्होंने कहा कि जनधन आधार और मोबाइल सेवा से प्रशासन में क्रांतिकारी बदलाव आया है आयकर विभाग ने कहा है कि नये फार्म छब्बीस ए एस में किसी वित्त वर्ष में करतादाओं के उंचे मूल्य के लेनदेन का अतिरिक्त ब्योरा होगा अभी तक फार्म छब्बीस ए एस में केवल टीडीएस टीसीएस के अलावा अन्य करों का भूगतान रिफंड और टीडीएस चूक का ब्योरा होता था इसके अतिरिक्त इस फार्म में अन्य बड़े लेनदेन का डाटा भी रहेगा केंद्र सरकार ने राज्य की सीमावर्ती जिले अररिया गलगलिया के बीच फोरलेन सड़क निर्माण की मंजूरी दी है चौरानवे किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर एक हजार पांच सौ छियालीस करोड़ रूपये खर्च होंगे राज्य के ऊर्जा मंत्री और अररिया जिला के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इस मंजूरी पर केंद्र सरकार का आभार प्रकट करते हुये कहा कि इस सड़क से बिहार को दूरगामी लाभ होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा एक में दाखिले के लिये कल से आवेदन लिया जायेगा आवेदन देने के लिये केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर जाकर छात्रों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा सत्र बीस इक्कीस के लिये दोखिले की यह प्रक्रिया शुरू होगी आवेदन की अंतिम तिथि सात अगस्त है

पटना पुलिस ने नई दिल्ली से आ रही महानंदा एक्सप्रेस से पटना जंक्शन पर तीन सौ सोलह शराब की बोतल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है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 कोविड उन्नीस की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है पटना में तत्काल जांच के लिये पच्चीस अस्पताल लक्षण वाले मरीजों की होगी मुफ्त जांच दैनिक जागरण की सुर्खी है प्रदेश में नौ हजार अठारह सक्रिय मरीज कोरोना को अब तक प्रदंह हजार सात सौ इकहत्तर लोग कर चुके हैं परास्त दैनिक भास्कर की सुर्खी है नगर विकास सचिव ने नालों की सफाई का अभियान चलाने का दिया निर्देश जलजमाव दूर करने में राशि की दिक्कत नहीं जितनी की जरूरत होगी सरकार देगी पटना मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है इकतालीस पार्षद नियम के खिलाफ लामबंद डिप्टी मेयर और भाजपा समर्थक हुये खिलाफ राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है पटना शहरी क्षेत्र में पच्चीस स्वास्थ्य केंद्रों पर होगी कोरोना जांच

दल के सदस्य गया जाकर हालात का जायजा भी लेंगे

इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर चौबीस हजार नौ सौ सड़सठ हुई